बोर्ड और निगमों के रिक्त पद भी भरे जायेंगे केंद्र सरकार ने कहा सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को अब मिलेगा फेलोशिप

दो गिरफ्तार

जद्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार दुर्गा प्रजा के बाद किया जायेगा पटना में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि निगम आयोग और जिला स्तरीय बीस सूत्रीय कमिटियों का भी जल्दी ही गठन होगा श्री कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि जल्द ही सम्मानजनक तरीके से घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा हो जायेगी केंद्र सरकार ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत हर संस्थान के छात्र आवेदन कर सकेंगे पहले आईआईटी एनआईटी और आईआईआईएस जैसे कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते थे मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि योजना को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है फेलोशिप के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक बीटेक एमटेक एमएससी और पीएचडी करने वाले छात्र आवेदन दे सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये देशभर में तीन हजार चार सौ चार टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर खोले गये हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन केंद्रों का उद्घाटन किया इन केंद्रों पर परीक्षार्थी संबंधित परीक्षाओं का अभ्यास कर सकेंगे चुनाव आयोग ने नागरिकों की निजता की रक्षा को लेकर रात में फोन व्हाट्सएप और प्रत्याशियों द्वारा घर जाकर वोट मांगने पर रोक लगाने का फैसला किया है आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन मध्यमों के जरिये रात दस बजे से सुबह छह बजे तक की अवधि में वोट मांगना कानूनी रूप से वैध नहीं होगा गया जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रमना रोड स्थित राजकीय कन्या उच्च विद्यालय से मैट्रिक उत्तर पुस्तिकाओं की चोरी के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है पूलिस उपाधीक्षक राजक्मार शाह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर गया पटना मार्ग में मसौढ़ी के निकट ट्रक से उत्तर प्रस्तिकाएं बरामद कर ली गयी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों के अधिकारों पर चार्टर का मसौदा जारी किया है मसौदे में कहा गया है कि अस्पताल बिल भूगतान पर विवाद होने की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन मरीजों को छुट्टी देने से इंकार नहीं कर सकता है और न ही मरीजों के रिश्तेदारों को शव सौंपने से इंकार किया जा सकता है ऐसा करने पर यह अपराध माना जायेगा मसौदे के मुताबिक अस्पताल किसी भी हालत में अपने यहां मरीजों को बंधक नहीं बना सकते हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अक्टूबर में लॉन्च होने वाले पोर्टल सर्विस प्लस पर राज्य सरकार की सभी सुविधाएं आम लोगों को उपलब्ध होंगी श्री मोदी ने पटना के फत्रहा प्रखंड के अलावलप्र गांव में आयोजित समारोह में कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोक सेवाओं का अधिकार समेत राज्य सरकार की एक सौ से अधिक नई सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा आम लोगों को दी जायेगी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने एक मई दो हजार सत्रह से पहले तक निर्मित अपार्टमेंट के फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिये रेरा निबंधन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है हालांकि इसके लिये बिल्डर की ओर से निबंधन कार्यालय में तय समय सीमा से पहले भवन निर्माण प्ररा होने का प्रमाण पत्र देना होगा उपभोक्ता अब रेरा की वेबसाईट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कोई भी व्यक्ति एक हजार रूपये के शुल्क के साथ रेरा की वेबसाईट के कंप्लेन सेक्शन में जाकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है बहुचर्तित सृजन घोटाला मामले में सीबीआई आज नई दिल्ली स्थित कार्यालय में प्रदेश के पांच अधिकारियों से पूछताछ करेगी जिन अधिकारियों से पूछताछ की जायेगी उनमें डीआरडीए के प्रभारी निदेशक अपूर्व कुमार मधुकर वरीय लेखा पदाधिकारी राकेश जिला वित्त प्रबंधक आशीष कुमार लेखा पदाधिकारी सुधांशु कुमार और अंकेक्षण सहायक घनश्याम कुमार शामिल हैं ये पूछताछ डीआरडीए से नब्बे करोड़ रूपये की अवैध निकासी के मामले में की जायेगी मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद कुख्यात नक्सली कमलेश भगत के खिलाफ बरूराज थाने में दर्ज कांड की जांच अब एनआईए करेगी पुलिस ने संबंधित केस एनआईए को सौंप दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खताधारक टोल फ्री नम्बर एक पांच पांच दो नौ नौ पर कॉल कर डाकिये को घर बुलाकर पांच हजार रूपये तक की जमा या निकासी कर सकते हैं इस सुविधा के लिये खाताधारकों को दस रूपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा बिहार डाक सर्किल के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि पहले चरण में यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय स्थित डाकघरों में शुरू की जायेगी पूर्वी चंपारण जिले के देवापुर संगम घाट पर बागमती नदी के कटाव से मोतिहारी शिवहर सड़क ध्वस्त हो गयी इस मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह ठप्प हो गया है लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिये दस किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ रही है इधर सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के कई गांवों में बाढ़ की स्थित गंभीर बनी हुयी है अनुमंडल के मचहा कुसहा मयूरवा जोगियाचाही रामपुर लाही और गड़हा में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं वहीं मधुबनी जिले के खुटौना लौकही लौकहा और फुलपरास में भी बाढ़ के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुयी है इधर मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि बाणसागर डैम से अब सोन नदी में और पानी नहीं छोड़ा जायेगा बिहार पुलिस के सिपाहियों को एसीपी का लाभ लेने के लिये हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा पुलिस महानिदेशक पर्षद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है प्रदेश के सभी बालू घाटों पर अब धर्मकांटा लगाया जायेगा खनन निदेशक ए सी आओ ने बताया कि एक अक्टूबर से उन्हीं घाटों से बालू के उठाव के लिये ई चालान निर्गत किया जायेगा जहां धर्मकांटा लगा होगा उन्होंने बताया कि बालू की कीमत पर नियंत्रण और ओवरलोडिंग खत्म करने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है प्रदेश में आज विश्वकर्मा पूजा पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है तकनीकी संस्थानों और इससे जुड़े लोग अपने प्रतिष्ठानों में पूजा अर्चना कर रहे हैं राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वकर्मा पूजा की बधाई देते हुये कहा है कि देश और प्रदेश के विकास में तकनीकी विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका है प्रशासन ने पूजा को ध्यान मे रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिये जबलपुर से क्राईम विभाग की टीम मुंगेर आयेगी पटना जिले के मनेर के रामपुर दियारा स्थित सोन नदी में अवैध बालू खनन के खिलाफ चलाये गये अभियान में पुलिस ने इक्कीस मजदूरों को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले में बगहा नगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग अटठाईस पर पुलिस ने एक वाहन से लगभग साढ़े ग्यारह हजार बोतल शराब बरामद की है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में संपन्न तीसवीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार चौथे स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल पांच सौ छप्पन अंक के साथ ओवर ऑल चैंपियन बना जबकि झारखण्ड दूसरे और असम तीसरे स्थान पर रहा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार दुर्गा पूजा के बाद दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी दी है लोकसभा चुनाव के लिये सीटों के तालमेल पर हफ्ते भर में घोषणा प्रभात खबर ने लिखा है नागरिकों की निजता की रक्षा को लेकर चुनाव आयोग का फैसला अब रात में फोन व्हाट्सएप और घर जाकर वोट नहीं मांग सकेंगे प्रत्याशी दैनिक भास्कर ने मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बैलेट से चुनाव कराने की विपक्षी दलों की मांग को खारिज करने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है राष्ट्रीय सहारा लिखता है पीएसएलवी सी बयालीस के जरिये दो उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण आज की सुर्खी है जनधन खाता योजना में बीस लाख लोग और जुड़े

बोर्ड और निगमों के रिक्त पद भी भरे जायेंगे केंद्र सरकार ने कहा सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को अब मिलेगा फेलोशिप

दो गिरफ्तार